संक्रमितों का आंकड़ा अड़तालीस हजार के पार

चौदह जिलों की लगभग चालीस लाख की आबादी प्रभावित

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुये राज्य के शहरी क्षेत्रों में लॉकडाउन सोलह अगस्त तक बढ़ा दिया गया है गृह विभाग ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं नये दिशा निर्देश कल से प्रभावी होंगे सोलह दिनों की इस पूर्णबंदी के दौरान सभी सरकारी कार्यालय और निजी कार्यालय प्रतिष्ठान खुले रहेंगे हालांकि इन कार्यालयों में पचास प्रतिशत कर्मचारियों की ही उपस्थिति होगी आवश्यक सेवाओं के कार्यालय में कर्मचारियों की शत प्रतिशत उपस्थिति रह सकती है शैक्षणिक संस्थान और धार्मिक स्थल बंद रहेंगे वहीं सामाजिक राजनीतिक सांस्कृतिक और खेल गतिविधियों के आयोजन पर भी रोक रहेगी

ऑटो रिक्शा और टैक्सी का परिचालन जारी रहेगा लोग निजी गाड़ियों का भी उपयोग कर सकेंगे मालवाहक गाड़ियों के आवागमन पर कोई रोक नहीं रहेगी इस दौरान अस्पताल दूरसंचार सेवा बैंकिंग और एटीएम सेवाएं नगर निकाय से जुड़ी सेवाएं विद्युत विभाग पोस्ट ऑफिस समेत अन्य आवश्यक सेवाओं से जुड़े कार्यालय खुले रहेंगे जिलाधिकारियों को दुकान खोलने के दिन और अवधि के निर्धारण के लिए अधिकृत किया गया है मॉल शॉपिंग कॉम्पलेक्स और सिनेमा घर नहीं खुलेंगे पेट्रोल पंप और एलपीजी गैस एजेंसी को लॉकडाउन के दायरे से बाहर रखा गया है इलेक्ट्रॉनिक तथा प्रिंट मीडिया समेत अन्य आवश्यक और आपात सेवाएं चालू रहेंगी आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सविता पारीक केन्द्र सरकार के दिशा निर्देशों के अनुरूप रेलवे और हवाई सेवाओं पर रोक नहीं लगायी गयी है ई कॉमर्स और निजी सुरक्षा एजेंसियों की सेवाएं भी जारी रहेंगी ग्रामीण क्षेत्रों को लॉकडाउन से छूट दी गयी है लॉकडाउन में आतिथ्य सेवा से जुड़े होटल और लॉज जैसे प्रतिष्ठानों को भी खोलने की अनुमति दी गयी है वहीं रेस्तरां भोजनालय और ढ़ाबे से होम डिलिवरी की सुविधा मिलती रहेगी निर्माण कार्य से संबंधित गतिविधियों को भी लॉकडाउन से छूट दी गयी है खेती बाड़ी से संबंधित कार्य और खाद बीज की द्रकान के अलावा पशु आहार से जुड़ी द्रकानें भी खुली रहेंगी रात के दस बजे से सुबह के पांच बजे तक रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा इस दौरान सामान्य लोगों को आने जाने की अनुमति नहीं होगी अदालतों का काम काज पटना उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुरूप होगा राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है दो हजार बयासी नये मामलों की पुष्टि के साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या अड़तालीस हजार के आंकड़े को पार कर गयी है स्वास्थ्य विभाग के अनुसार संक्रमण के सबसे अधिक चार सौ दस मामले पटना जिले में सामने आये हैं नालंदा में एक सौ सैंतीस पूर्वी चंपारण में एक सौ छत्तीस रोहतास में एक सौ पांच भागलपुर में छियानवे और पश्चिम चंपारण में सतासी लोग पॉजिटिव पाये गये हैं वहीं सारण में उनासी पूर्णिया में अठहत्तर भोजपूर में छिहत्तर और बेगूसराय में संक्रमण के बहत्तर नये मामलों की प्रष्टि हुई है

इस महामारी से प्रदेश में अब तक दो सौ पचासी लोगों की मृत्यु हुई है पिछले चौबीस घंटों में कोविड से तीन डॉक्टरों समेत बारह संक्रमितों की मौत हो गयी एम्स में भर्ती सेना से रिटायर्ड मेजर डॉक्टर ए के सिंह मोतिहारी सदर हॉस्पीटल के डॉक्टर नागेन्द्र प्रसाद और जहानाबाद के डॉक्टर के राजन की मौत हुई है राज्य में अब तक कोविड से आठ चिकित्सकों की मौत हो चुकी है जबकि दो सौ पचास संक्रमित हैं पीएमसीएच के उपाधीक्षक समेत चार डॉक्टर और छह स्वास्थ्य कर्मी कोरोना संक्रमित पाये गये हैं आईजीआईएमएस के दो डॉक्टर और चार स्वास्थ्य कर्मी समेत इक्कीस लोगों की भी रिपोर्ट भी पॉजिटिव आयी है परसा के विधायक चंद्रिका राय भी कोरोना संक्रमित पाये गये हैं उन्हें पटना एम्स में भर्ती कराया गया है लॉकडाउन की वजह से घर से बाहर नहीं निकल पाने की स्थिति में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की बिहार शाखा ने लोगों को फोन पर निःशुल्क स्वाथ्य परामर्श उपलब्ध करायेगी इसके लिए विभिन्न जिलों के चिकित्सकों के फोन नम्बर जारी किये गये हैं पीएमसीएच में भर्ती कोविड उन्नीस के मरीजों का प्रतिदिन शाम चार बजे हेल्थ बुलेटिन जारी किया जायेगा स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि इससे मरीजों के परिजनों को अद्यतन जानकारी मिल सकेगी कोरोना के बढ़ते मामलों के मद्देनजर बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सोलह अगस्त को होने वाली ऑल इंडिया बार परीक्षा अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी है साथ ही परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि इकतीस अगस्त तक बढ़ा दी गयी है उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले पटना के महात्मा गांधी सेतु के पश्चिमी लेन पर आज से आवागमन शुरू हो जायेगा पुल का उद्घाटन दिल्ली से केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी और पटना से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार संयुक्त रूप से वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से करेंगे इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री रामविलास पासवान रविशंकर प्रसाद नित्यानंद राय उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव तथा सांसद राम कुपाल यादव वीणा देवी और पशुपति कुमार पारस उपस्थित रहेंगे यह लेन पूरी तरह स्टील से बना है और इसके मरम्मत पर सात सौ करोड़ रूपये की लागत आयी है पूर्वी लेन के जीर्णोद्धार का काम मॉनसून के बाद शुरू होगा फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने बिहार पूलिस से अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और अन्य लोगों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी की कॉपी मांगी है आधिकारिक सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ईडी ने इस संबंध में बिहार पुलिस को पत्र लिखा है प्राप्त जानकारी के अनुसार ईडी सुशांत सिंह के धन और उनके बैंक खातों के कथित दुरूपयोग की जांच करना चाहता है इधर अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर उस याचिका के खिलाफ फिल्म अभिनेता के पिता ने कैविएट अर्जी लगायी है जिसमें बिहार में दर्ज एफआईआर को मुम्बई स्थानांतरित किये जाने का अनुरोध किया गया है कैविएट याचिका में कहा गया है कि मामले पर कोई फैसला देने से पहले उनका पक्ष भी सुना जाए इस बीच बिहार सरकार ने कहा है कि रिया चक्रवर्ती की याचिका का सरकार अपने स्तर से विरोध करेगी महाधिवक्ता ललित किशोर ने बताया कि वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार का पक्ष रखेंगे वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले की सीबीआई जांच की मांग से जुड़ी याचिका खारिज कर दी है प्रदेश में बाढ़ से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं आपदा प्रबंधन विभाग के अनुसार चौदह जिलों के एक सौ आठ प्रखंडों की नौ सौ बहत्तर पंचायतें बाढ़ की चपेट में आ चुकी है लगभग चालीस लाख की आबादी प्रभावित हुई है राहत और बचाव कार्य में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की अट्ठाईस टीमों को लगाया गया है वहीं राहत शिविर और सामुदायिक रसोई घरों की संख्या भी बढ़ाई जा रही है वर्तमान में प्रभावित इलाकों में उन्नीस राहत शिविर चल रहे हैं जहां पच्चीस हजार से अधिक लोग रह रहे हैं इसके अलावा एक हजार एक सामुदायिक रसोई घरों से लगभग पौने छह लाख लोगों को तैयार भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है बाढ़ की वजह से राज्य के ग्यारह जिलों में चार लाख हेक्टेयर से अधिक खेत में लगी फसल बर्बाद हुई है कृषि सचिव एन सरवन कुमार ने बताया कि यह नुकसान का आरंभिक अनूमान है वास्तविक आंकड़ा बाढ़ का पानी उतरने के बाद सामने आयेगा उन्होंने कहा कि फसल क्षति की भरपाई के लिए किसानों को आपदा नियमों के अनुरूप मुआवजा दिया जायेगा इस बीच बाढ़ प्रभावित जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि लगातार सुरक्षा तटबंधों के टूटने से नये इलाकों में बाढ़ का पानी फैल रहा है मोतिहारी से हमारे संवाददाता ने बताया है कि चकिया स्थित बैरिया बंजरिया में रिंग बांध ट्रंट गया है जिससे ब्रढ़ी गंडक के मुख्य बांध पर दबाव काफी बढ़ गया है चकिया प्रखंड के महुआवा पंचायत में रिंग बांध टूटने से आस पास के गांव के लोग ऊंचे स्थानों की ओर पलायन करने लगे हैं पकड़ी दयाल और पिपरा में ब्रढ़ी गंडक नदी का रिंग बांध ट्रटने से आधा दर्जन गांवों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है वहीं मुजफ्फरपुर के अहियापुर में बूढ़ी गंडक का रिंग बांध टूटने से सीतामढ़ी जाने वाली मुख्य मार्ग पर पानी का बहाव तेज हो गया है जिले के औराई कटरा गायघाट बंदरा बोचहां मुसहरी पारू साहेबगंज और मोतीपुर सहित तेरह प्रखंड बाढ़ से प्रभावित हैं दरभंगा से हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि जिले के केवटी प्रखंड के कर्जापट्टी गांव में अधवारा समूह नदी का बांध पन्द्रह फीट में ट्रट गया है वहीं जिले के बहेरी प्रखंड के बरछिया गांव में करेह नदी पर बने बांध से रिसाव शुरू हो गया है लोगों से ऊंचे स्थानों पर जाने की अपील की जा रही है ब्रम्हपुर पश्चिमी से कमतौल भरवाड़ा जाने वाली सड़क के पहुंच पथ पर पानी आ जाने से आवागमन बाधित हुआ है गोपालगंज जिले में भी बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है गंडक के जलस्तर में वृद्धि से दो सौ पैंतालीस गांव बाढ़ की चपेट में हैं वहीं जिले में दाहा नदी के बढ़ते जलस्तर से परेशानियां बनी हुई हैं कुचायकोट प्रखंड के कई गांवों में नदी का पानी प्रवेश कर रहा है सिसवन से सीवान जाने वाली राज्य उच्च पथ पर पानी आ जाने से आवागमन पूरी तरह बाधित हो गया है वहीं सीवान जिले के तेरह पंचायत पूरी तरह बाढ़ की चपेट में हैं तरैया मशरक एसएच पर तीन फीट पानी का बहाव हो रहा है जिस कारण आवागमन प्रभावित हुआ है बेगूसराय जिले के खोदाबंदपुर स्थित बूढ़ी गंडक के बांय तटबंध में रिसाव तेज हो गया है मौके पर जल संसाधन विभाग के अभियंता बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य में जुटे हुये हैं मुधबनी जिले बेनीपट्टी प्रखंड में अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में व्रद्धि से नये इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है वहीं धौंस नदी भी उफान पर हैं खगड़िया सुपौल सहरसा और मधेपुरा में भी बाढ़ की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है वहीं सीमांचल के जिलों अररिया किशनगंज और कटिहार में भी स्थितियां सामान्य नहीं हुई है राज्य में पिछले चौबीस घंटों के दौरान बाढ़ से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में बारह लोगों मौत हो गयी भागलपुर दरभंगा और पश्चिम चंपारण से तीन तीन गोपालगंज से दो और सुपौल से एक व्यक्ति की मौत की खबर है नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र और उत्तर बिहार में भारी बारिश के कारण प्रदेश की नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला जारी है कोसी बागमती बूढ़ी गंडक गंडक महानंदा और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में कई स्थानों पर वृद्धि दर्ज की गयी है केन्द्रीय जल आयोग के अनुसार कोसी नदी का जलस्तर खगड़िया जिले के बलतारा में एक सौ नब्बे सेंटीमीटर और कुर्सेला में खतरे के निशान से बारह सेंटीमीटर ऊपर आ गया है वहीं गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट में लाल निशान से एक सौ चौंतीस सेंटीमीटर ऊपर बह रही है बूढ़ी गंडक लालबकैया घाट में खतरे के निशान से अस्सी सेंटीमीटर समस्तीपूर रेल पूल के पास दो सौ बाईस सेंटीमीटर और रोसड़ा में तीन सौ पच्चीस सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गयी है बागमती नदी रून्नीसैदपुर में दो सौ उनतीस सेंटीमीटर हायाघाट में दो सौ बारह सेंटीमीटर बेनीबाद में तिरानवे सेंटीमीटर और ढेंग ब्रिज में खतरे के निशान से चौबीस सेंटीमीटर ऊपर है कमला बलान का जलस्तर जय नगर में खतरे के निशान से तैंतीस सेंटीमीटर और झंझारपुर रेल पुल के पास संतानवे सेंटीमीटर ऊपर पहुंच गया है राज्य में मॉनसून की सक्रियता लगातार बनी हुई है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के अनुसार मॉनसून की अक्षीय रेखा के पटना और वाराणसी से गुजरने तथा पूर्वी उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश तक एक ट्रफ लाईन बनने के कारण दस जिलों में भारी बारिश की स्थितियां बन रही हैं सारण सीवान सीतामढ़ी मध्रबनी दरभंगा खगड़िया समस्तीपुर सुपौल अररिया और किशनगंज जिले में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की गयी है लोगों से बारिश के दौरान विशेष सावधानी बरतने और खुले में नहीं निकलने की अपील की गयी है मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना के तहत निबंधन की समय सीमा पन्द्रह अगस्त तक बढ़ा दी गयी है पहले यह समय सीमा आज तक निर्धारित थी अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां हिन्दुस्तान प्रभात खबर और दैनिक जागरण समेत आज के सभी समाचार पत्रों ने राज्य में लॉकडाउन की अवधि सोलह अगस्त तक बढ़ाये जाने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है हिन्दुस्तान ने लिखा है केन्द्र सरकार की अनलॉक तीन की पाबंदियां समेत बिहार में रात्रि कर्फ्यू जारी रहेगा सुशांत सिंह राजपूत आत्महत्या मामले पर प्रभात खबर लिखता है सुशांत प्रकरण में अब ईडी की एंट्री बिहार सरकार भी पहुंची सुप्रीम कोर्ट दैनिक भास्कर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बयान को प्रमुखता देते हुये लिखा है थाना स्तर तक प्रलिस कर्मियों की एंजीटन किट से होगी जांच आज और राष्ट्रीय सहारा समेत सभी समाचार पत्रों में महात्मा गांधी सेतु के एक लेन पर आज से आवागमन शुरू होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है

संक्रमितों का आंकड़ा अड़तालीस हजार के पार

चौदह जिलों की लगभग चालीस लाख की आबादी प्रभावित